टीके की खुराक हर एक व्यक्ति को जल्द से जल्द उपलब्ध कराने का खाका भी है तैयार

उपनिदेशक के नेतृत्व में विशेष टीम का हुआ गठन और राजधानी पटना समेत पूरा प्रदेश ठंड और घने कोहरे की चपेट में

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए राजनीति कर रहा है बाईट विपक्षी दलों का पाखंड है वो लोकतंत्र में पराजित हुए हैं और पराजित होने के बाद कहीं भी अवसर मिलता है तो उनको लगता है कि यही हमारा मौका है तो उसका लाभ उठाएं इसके सिवा कुछ भी नहीं है अरे खुद शरद पवार ने एपीएमसी कानून यूपीए के कृषि मंत्री के तहत मॉडल कानून तैयार किया और समी राज्यों को दिया सभी राज्यों में से दस राज्यों ने उसको स्वीकार भी किया तब अच्छा था एमपीएमसी का मॉडल कानून और आज अगर हम करते हैं तो बुरा है

श्री जावड़ेकर ने कहा कि ये कानून किसानों के हित में है उन्होंने कहा कि अनुबंध आधारित खेती के मुद्दे पर कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी डीएमके और अन्य विपक्षी दल पाखंड कर रहे हैं बाईट कान्ट्रेक्ट फार्मिंग का जहां तक मुद्दा है अभी बीस राज्यों ने ऑलरेडी कानून किया ही है तो राज्यों ने कानून किया वो करेक्ट है वो रद्द करने की मांग क्यों नहीं करते फिर अगर केन्द्र का कानून रद्द करना है तो राज्यों के भी रद्द करने पड़ेंगे तो राज्यों के कानून चल रहे हैं और केन्द्र का केवल रद्द करोगे ऐसा तो नहीं होता न और ये तो अमरिन्दर सिंह ने पेप्सीकोला के साथ कान्ट्रेक्ट फार्मिंग का उद्घाटन किया तो तब यह व्यवस्था जब कानून भी नहीं था अब तो किसान के हित में कानून भी बना है उसको संरक्षण देने वाला श्री जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी कृषि से संबंधित कानून लाने का उल्लेख किया था

बाईट मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि देखो इस साल कानून लागू होने के बाद भी एपीएमसी चली आपने धान बेचा आपको एमएसपी मिली तो एपीएमसी भी जीवित है एमएसपी भी जीवित है और व्यवस्था चालू रहेगी आगे भी कानून में कहां लिखा है कि एपीएमसी को ताला लगाएगे नहीं लिखा है क्योंकि एमएसपी चालू रहेगी लेकिन एपीएमसी के बाहर बेचने की भी सुविधा रहेगी

केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में विपक्ष द्वारा कही गई बातों को भ्रामक और झूठ ठहराया है

इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा ये खरीददारी मंडियों में हुई इसका मतलब विपक्ष ने जो भ्रम फैलाया कि मंडी बंद हो जाएगी वो भी झूठ विपक्षी ने भ्रम फैलाया एमएसपी का ऑप्रेशन नहीं होगा वो भी झूठ विपक्ष का झूठ और सरकार की प्राथमिकता प्रमाणित हो चुकी है केन्द्र सरकार ने कहा है कि वैज्ञानिक स्वीकृति मिल जाने के बाद देश में कोविड महामारी के टीके का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि टीके के उत्पादन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और टीके की खुराक को देश में हर एक व्यक्ति को जल्द से जल्द सुलभ कराने के लिए भी खाका भी तैयार कर लिया गया है सीरम इन्स्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने टीके को आपात स्थिति में उपयोग में लाने की स्वीकृति के लिए आवेदन किया है उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने टीका उत्पादन करने वाली कम्पनियों और वैज्ञानिकों से बातचीत की है भारत में छह संभावित टीकों पर नैदानिक परीक्षण किए जा रहे हैं स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि कुछ टीकों को अगले कुछ सप्ताह में लाइसेंस मिल जाने की संभावना है केंद्र सरकार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सहयोग से टीकों के उत्पादन से संबंधित तैयारियां कर रही है श्री भूषण ने बताया कि कोविड उन्नीस का टीका लगाने के लिए राष्ट्रीय विशेषज्ञ दल इस साल अगस्त में गठित कर लिया गया था

स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि राज्य में कोरोना टीकाकरण की सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि एक स्टेट वैक्सीन स्टोर दस रीजनल वैक्सीन स्टोर अड़तीस जिला वैक्सीन स्टोर और छह सौ पच्चीस कोल्ड चेन प्वाईंट चिन्हित किये गये हैं उन्होंने बताया कि टीकाकरण के पहले चरण में स्वास्थ्यकर्मियों को और दूसरे चरण में अग्रिम पंक्ति के योद्वाओं को टीके दिये जायेंगे प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर सत्तानवे दशमलव तीन एक प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान छह सौ चौहत्तर मरीजों को छुट्टी दी गयी जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख तैंतीस हजार सात सौ इक्यानवे हो गयी है वहीं इसी अवधि में छह सौ चौरासी नये मामलों की भी पुष्टि हुई राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या पांच हजार एक सौ सतावन है एक दिन में कोरोना के तीन मरीजों की मौत के साथ ही इस वैश्विक महामारी से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर एक हजार तीन सौ हो गया है राजधानी पटना समेत प्रा प्रदेश ठंड और घने कोहरे की चपेट में हैं मौसम विभाग के अनुसार पछुआ हवा चलने से ठंड में बढ़ोतरी हुई है विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज से हवा की गति तेज होने के साथ अधिकतम और न्यूनतम तापमान में और कमी आयेगी इधर घने कोहरे के कारण द्रश्यता में काफी कमी आई है जिसका असर विमान रेल और सड़क यातायात पर देखा जा रहा है पटना एयर पोर्ट से कल तेरह विमान अपने निर्धारित समय से विलंब से उड़े वहीं कई रेलगाड़ियां भी अपने निर्धारित समय से काफी देरी से अपने गतंव्य पर पहुंची केन्द्र सरकार ने कहा है कि कोसी मेची नदी को जोड़ने की परियोजना के लिए चार हजार नौ सौ करोड़ रूपये के निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा चुकी है और जल्द ही इस पर काम शुरू हो जायेगा नेशनल वाटर डवलपमेंट एजेंसी की बैठक को संबोधित करते हुये केन्द्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने यह जानकारी दी निगरानी जांच ब्यूरो की अनुशंसा पर प्रदेश के विद्यालयों में कार्यरत पांच हजार दो सौ नौ नियोजित शिक्षकों के शिक्षक प्रशिक्षण की डिग्रियों की जांच की जायेगी शिक्षा विभाग ने इसके लिए उप निदेशक के नेतृत्व में जांच टीम का गठन किया है यह टीम पहले संदिग्ध डिग्रियों का सत्यापन करेगी और फिर दोषी पाये जाने वाले शिक्षक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने और उन्हें सेवा मुक्त करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेगी जिन डिग्रियों को संदिग्ध पाया गया है उनमें से अधिकांश पश्चिम बंगाल ओडिशा झारंखड उत्तराखंड और असम के निजी संस्थानों द्वारा निर्गत किये गये हैं राज्य सरकार ने छात्रवृत्ति पोशाक प्रोत्साहन साईकिल और नैपकीन वितरण जैसी कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के लिए चालू शैक्षणिक सत्र में छात्र छात्राओं की विद्यालय में पचहत्तर प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है शिक्षा विभाग ने कहा है कि कोरोना के कारण ऑनलाईन पठन पाठन की व्यवस्था को देखते हुये यह फैसला किया गया है इस संबंधमें वित्त विभाग को प्रस्ताव भेज दिया गया है प्रदेश में नवम्बर के महीने में आपराधिक घटनाओं में बाईस दशमलव नौ प्रतिशत की कमी आई है प्रलिस मुख्यालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार नवम्बर महीने में अठारह हजार बयासी आपराधिक मामले दर्ज किये गये जबकि जुलाई से सितम्बर महीने तक औसतन तेईस हजार दो सौ नौ घटनाएं दर्ज की गयी नवम्बर में हत्या की घटनाओं में तेरह दशमलव पांच तीन प्रतिशत की कमी आई है जबकि अपहरण की मामलों में तीन सौ प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गयी है राज्य सरकार ने पुलिस महानिदेशक नागरिक सुरक्षा अरविंद पांडेय की चार वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी है वर्ष उन्नीस सौ पंचानवे में एकीकृत बिहार के पलामू के मनातू प्रखंड के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी भवनाथ झा की हत्या के मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में यह कार्रवाई की गयी है सुजन घोटाले के दो मुख्य आरोपियो अमित कुमार और रजनी प्रिया की सम्पत्तियों को जब्त करने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी गयी है सीबीआई की विशेष अदालत के निर्देश पर इसके लिए तीन अंचलाधिकारियों को अधिकृत किया गया है सम्पत्ति जब्त करने की कार्रवाई कल से शुरू होगी अमित कुमार सुजन की संस्थापक मनोरमा देवी के पुत्र हैं और रजनी प्रिया उनकी बहू हैं बिहार पूलिस में सिपाही भत्ती के लिए पटना में चल रही शारीरिक दक्षता परीक्षा में पचास फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है मौके से दो दलालों को भी गिरफ्तार किया गया इससे पूर्व भी धोखाधड़ी के मामले में सात अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हो चुकी है शराबबंदी कानून को लागू करने में लापरवाही बरतने के आरोप में रोहतास कैमूर और गया जिले के चार थानाध्यक्षों को निलंबित कर दिया गया है किसानों को निर्धारित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध नहीं कराने को आरोप में पटना जिले के दस खाद दुकानदारों के लाईसेंस रद्द कर दिये गये हैं

हिन्दुस्तान ने लिखा है बिहार में ट्रेनें रोकी हाई वे जाम प्रभात खबर लिखता है कृषि कानून वापस नहीं लेगी सरकार आज नया प्रस्ताव दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है बेनामी जमीन रखने वालों की खैर नहीं दैनिक भास्कर की सुर्खी है ब्रिटेन में कोविड टीकाकरण शुरू पहला टीका इक्यानवे साल की होने जा रही कीनन को लगा दैनिक आज ने लिखा है चिकित्सा शिक्षा में बदलाव के विरोध में ग्यारह दिसम्बर को देशभर में डॉक्टरों की हड़ताल

टीके की खुराक हर एक व्यक्ति को जल्द से जल्द उपलब्ध कराने का खाका भी है तैयार

उपनिदेशक के नेतृत्व में विशेष टीम का हुआ गठन और राजधानी पटना समेत पूरा प्रदेश ठंड और घने कोहरे की चपेट में